मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे वे जावरा से पूरे प्रदेश के हितग्राहियों को संबोधित करेंगे जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्री परिषद के सदस्य शामिल होंगे श्री चौहान आज शाजापुर जिले के कालापीपल में होने वाले बीमा दावा राशि प्रमाण पत्र वितरण समारोह एक सौ सत्रह करोड़ रूपये के अधिक लागत के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे श्री चौहान ने सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की उन्होंने कहा कि ग्यारह जुलाई के बाद बिजली बिल माफी और पंजीयन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी

आयोग ने नये सीईओ की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से पैनल मांगा था इसी आधार पर कल देर शाम श्री कांताराव के नाम की घोषणा की गई

आयोग के आदेश के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगा कोई भी अधिकारी तीन साल से ज्यादा समय तक एक पद पर नहीं रह सकता इसी के चलते सलीना सिंह को हटाया

निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार की अपील पर नगरपालिका परिषद अनूपपुर सहित नगर परिषद सांची नरवर भैंसदेही और चुरहट के आम चुनाव स्थगित किये जानकारी के अनुसार एक दिन पहले ही इन नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को लिए तारीख घोषित की गयी थी लेकिन राज्य शासन द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि अब तक इन नगरीय निकायों के वार्डो के आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में नहीं हो पाया है इस आधार पर आयोग से निर्वाचन कार्यक्रम को स्थगित करने का अनुरोध किया गया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पत्रों के परीक्षण के बाद निर्णय लिया गया कि इन नेगरीय निकायों के आम निर्वाचन स्थगित कर दिये शेष नगरीय निकायों के उप निर्वाचन एवं अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया यथावत रहेगी नेशनल कॉन्क्लेव तेरह जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चौथा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन्स एण्ड मिनरल्स का आयोजन किया जायेगा इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे नेशनल कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख खनिज सम्पदा वाले बाईस राज्यों के प्रतिनिधि मण्डल भी भाग लेंगे कॉन्क्लेव में मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी कॉन्क्लेव के आयोजन का मूल उद्देश्य देश में खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए बाधाओं का निराकरण करवाना है इस अवसर पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे गेहलोत केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत आज आगरमालवा आएगें अपने प्रवास के दौरान श्री गेहलोत आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में विद्यत मंडल द्वारा आयोजित बिजली बिल माफी प्रमाण पत्रों का वितरण कार्यक्रम में शामिल होगें वहीं नागदा में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल विदिशा जिले के ग्राम हासुआ में आँगनवाड़ी केन्द्र और शासकीय स्कूल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने बच्चों के शैक्षणिक स्तर को परखा तथा उन्हें सफाई के महत्व के बारे में समझाया राज्यपाल श्रीमती पटेल विदिशा जिला चिकित्सालय भी पहॅची यहां उन्होंने एनआरसी केन्द्र में भर्ती बच्चों की माताओं से स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी जानकारी ली और बच्चों को फलों का वितरण किया उन्होंने अस्पताल के अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों से बातचीत की

श्री चौहान ने इस मौके पर वित्त स्कूल शिक्षा समाज कल्याण सहकारिता नागरिक आपूर्ति कृषि चिकित्सा शिक्षा महिला बाल विकास राजस्व आदि महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने पन्द्रह जुलाई से प्रदेश में पौधा रोपण अभियान चलाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर तक सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के लिये तेजी से काम करें कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का सोयाबीन विदेशों को निर्यात करने की संभावना तलाशने के लिये केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों और एजेंसियों से चर्चा करें विजय शाह शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए कल स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ कुँवर विजय शाह ने भोपाल में ऑनलाईन लॉटरी का शुभारंभ किया

इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस लॉटरी के माध्यम से अनेक मंहगे और संभ्रांत स्कूलों में भी बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिला है जनसंख्या दिवस आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जायेगा इस मौके पर प्रदेश भर में नागरिकों को सीमित परिवार के फायदे समझाने और परिवार नियोजन की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं प्रदेश में चौबीस जुलाई तक जागरूकता पखवाड़ा भी मनाया जायेगा पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सेवाएँ दी जायेंगी भारत सरकार ने कुल प्रजनन दर तीन या तीन से अधिक वाले प्रदेश के पच्चीस जिलों में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत इंडिया टूरिज्म इंदौर ने मणिपुर और नागालैंड के पर्यटन विभागों के साथ मिलकर भोपाल में कल एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में नागालैंड और मणिपुर के कलाकारों ने अपनी संस्कृति का परिचय दिया इस कार्यक्रम के दौरान इन सभी राज्यों के दूर आपरेटर को परस्पर मिलने और अपने अपने राज्यों से संबंधित पर्यटन पैकेज को लेकर विचार विमर्श किया गया मौसम मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से सतर्क रहने और किसी के विषम परिस्थिति में फंसने पर उसकी हर संभव मदद करने की अपील की है

प्रदेश में पन्द्रह जुलाई से चलाया जायेगा पौध रोपण अभियान